राज्य में अब तक सतरह नए कोरोना संक्रमित मरीजों के मिलने से क्ल संक्रमितों की संख्या बढ़कर दो हजार सात सौ बासठ हो गयी है वहीं अच्छी खबर यह है कि अबतक राज्य में दो हजार पैंतालीस मरीज स्वस्थ हो चुके हैं मरीजों के स्वस्थ होने की दर चौहत्तर प्रतिषत हो गयी है वहीं राज्य में मरने वालों की संख्या बढ़कर उन्नीस हो गयी है कल रांची के रिम्स में दो और जमषेदपुर में दो कोरोना संकमितों की मौत हो गई

चास नगर निगम क्षेत्र के सरस्वती नगर की छब्बीस वर्षीय महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव आयी है महिला को कोविड अस्पताल में षिफ्ट कर दिया गया है वहीं सिमडेगा जिले में आज कोरोना के दो पॉजिटिव मामले मिले हैं सभी संक्रमितों को अस्पताल में षिफ्ट कर कॉन्टेक्ट हिस्ट्री की ट्रेसिंग की जा रही है इधर रामगढ़ जिले में भी कोरोना के तीन नए मामले सामने आए हैं रांची में आज अबतक पाँच कोरोना मरीजों की पुष्टि हो चुकी है लोहरदगा जिले में छह कोरोना पॉजिटिव मामले मिले हैं जिले के सिविल सर्जन डॉ विजय कुमार ने बताया कि आज छह व्यक्तियों की मिली पॉजिटिव जांच रिपोर्ट में चार गया से लोहरदगा आये हैं जबकि दो व्यक्ति उनके संपर्क में आने से संक्रमित हुए हैं सिविल सर्जन ने बताया कि इन सभी छह कोरोना के मरीजों में कोरोना के कोई लक्षण नहीं दिखायी दे रहे हैं इनका स्वास्थ्य स्थिर है और सभी को कोविड केयर सेंटर में स्थान्तरित किया गया है

श्री सोरेन ने अपने शोक संदेष में कहा है कि श्री राय का निधन पत्रकारिता जगत के लिए अप्ररणीय क्षति है मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा की शांति की कामना की है राँची के सांसद संजय सेठ ने भी श्री राय के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है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

उन्होंने कहा कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने जैविक खेती वाले भू भाग का मानचित्र विकसित किया है और अटठासी जैव नियंत्रण कारको तथा बाईस जैव कीटनाषकों की पहचान की है जिनसे जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा सकता है प्रधानमंत्री ने कहा है कि खेती से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए हर साल हैकेथान यानि लंबी कार्यषाला और षिविर आयोजित किये जाने चाहिए उन्होंने कहा है कि खेती के काम में बड़ी संख्या में महिलाओं की भागीदारी को ध्यान में रखते हुए ऐसे औजार और उपकरण तैयार किये जाने चाहिए जिनसे उनका परिश्रम कम हो श्री मोदी ने स्वस्थ और पौष्टिक भोजन सुनिष्चित करने के लिए खाने में ज्वार बाजरा रागी और अनाज शामिल करने की जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आज पलामू और कोल्हान प्रमंडल में मॉनसुन आरंभ हो गई पिछले कुछ दिनों से मॉनसुन कमजोर पड़ा था और कुछ जिलों को छोड़ दें तो राज्य में कहीं भी बारिष नहीं हो रही थी मौसम विभाग ने कहा है कि अगले तीन दिनों तक राज्य के अन्य जिलों में भी मध्यम दर्ज से लेकर भारी बारिष हो सकती है राजधानी रांची सहित कई जिलों में छह और सात जुलाई को बारिष होने का अनुमान जताया गया है वहीं खूंटी जिले के डंडोल में वज्रपात से दो लोगों की मौत हो गई और कई लोग झुलस गए हैं

कोडरमा जिले में जिला प्रषासन की ओर से अयोग्य राषन कार्डधारियों से अपने कार्ड सरेंडर करने की अपील की गई थी

कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा लिये गए निर्णय के बाद देवघर में श्रद्वालुओं की सुविधा के लिए सुबह षाम मंदिर में होने वाली पूजा का जीवंत प्रसारण किया जाएगा जिले की उपायक्त नैनसी सहाय ने बताया कि राज्य सरकार के वेबसाईट पर ऑनलाईन दर्षन की व्यवस्था जिला प्रषासन ने की है

दुमका जिले की उपायुक्त राजेष्वरी बी ने बताया कि बाबा बास्कीनाथ के ऑनलाइन दर्षन की व्यवस्था की तैयारी की जा रही है राजधानी रांची में भी पहाड़ी मंदिर स्थित भगवान भोलेनाथ के ऑनलाइन दर्षन के लिए जिला प्रषासन पूरी तरह तैयार है जामताड़ा जिले में एक सौ तेरह भवनहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों को नया भवन शीघ्र मिलेगा

श्री शाह ने कहा है कि भारतीय संस्कृति में गुरू का स्थान बहत ही आदरणीय है गुरू एक सेतु है जो ज्ञान और षिष्य को जोड़ता है उन्होंने कहा कि एक ग्रू अपने ज्ञान रूपी अमृत से षिष्य के जीवन में धर्म और चरित्र जैस बहमूल्य गुणों का सिंचन कर उसके जीवन को सही दिषा और अथ प्रदान करता है इधर मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने भी झारखण्डवासियों को गुरु पूर्णिमा की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम सभी के जीवन में गुरु ही वह व्यक्ति होता है जो हमारे संपूर्ण चरित्र और जीवन को सार्थक बना सकता है

निगमकर्मियों के साथ मिलकर सीआरपीएफ जवानों ने चास के मुख्य मार्गो के किनारे फुटपाथ और नालियों की सफाई की इसके अलावा खाली जगहों पर पौधारोपण भी किया गया चास नगर निगम के अपर नगर आयुक्त शशि प्रकाश झा ने सीआरपीएफ जवानों के कार्यों की सराहना की उन्होंने कहा कि स्वच्छता के इस कार्य में सीआरपीएफ के जवानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया उन्होंने बताया कि नियामाती पद्धति से पौधारोपण भी किया जा रहा है इस पद्वति से पौधारोपण करने से पटवन की आवश्यकता कम पड़ती है इधर हजारीबाग में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर कला गुरुओं का सम्मान किया गया कला संस्क्र ति के क्षेत्र में कार्य करने वाली संस्था संस्कार भारती की जिला इकाई के कार्यकर्ताओं ने शहर के ख्याति प्राप्त कला गुरुओं का सम्मान किया इस अवसर पर कत्थक नृत्य गुरु अमिता शर्मा तबला वादक कमला प्रसाद सिंह गायक शंभू नाथ सहाय मूर्तिकार और चित्रकार अनिल पृथ्वी श्रीमती तोड़ा बल सहित अन्य कलाकारों को भी सम्मानित किया गया

घटना रेंगारिह थाना क्षेत्र के पाइकपारा गांव में घटी इस घटना में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया

पुलिस ने बताया कि सेवई से गलेसेरा खरवाटोली की ओर जाने के क्रम में पाइकपारा भंडारटोली पंचायत भवन के निकट बाईक के अनियंत्रित होने से यह हादसा हई गिरिडीह जिले की पुलिस साइबर अपराध को रोकने के लिए लगातार प्रयास कर रही है पुलिस ने अभियान चलाकर दस साइबर अपराधियो को कल गिरफ्तार किया है गिरिडीह के पूलिस अधीक्षक अमित रेण् ने मीडिया को बताया कि गांडेय अहिल्यापुर और बेंगाबाद थाना क्षेत्र में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर दस लोगों को साइबर अपराध करते रंगे हाथ गिरफ्तार किए हैं पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इनमें से दो नाबालिग पहले भी साइबर अपराध के आरोप में जेल जा चुके हैं पुलिस ने गिरफ्तार अपराधियों के पास से इक्कीस मोबाइल इक्तालीस सिम कार्ड छह आधार कार्ड नौ चेकबुक दो मोटरसाइकिल सहित अन्य सामान बरामद किये हैं पुलिस अधीक्षक ने बताया कि गिरफ्तार अपराधी बैंककर्मी बनकर लोगों को फोन करते थे और उनके बैंक खातों से रुपये उड़ा लेते थे पेटीएम से भी रुपये उड़ाने के काम में ये लोग शामिल थे उन्होंने बताया कि पुलिस पिछले माह पच्चीस से अधिक साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर चुकी है